ये राष्ट्रीय प्रस्कार हर वर्ष कमजोर और वंचित महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति समूहों और संस्थानों को दिये जाते हैं

समारोह में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सहित कई मंत्री भी मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने नारी शक्ति की भावना और उपलब्धियों को नमन किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आज साइन ऑफ कर रहे हैं और आज दिन भर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली सात महिलायें अपनी जीवन यात्रा को उनके सोशल मीडिया एकाउंट्स पर लोगों के साथ साझा करेंगी इस बीच प्रधानमंत्री के ट्वीटर एकाउंट पर अपनी जीवन यात्रा साझा करते हुए स्नेहा मोहनदास ने कहा कि अपनी माता से प्रेरित होकर उन्होंने बे घर लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए फूडबैंक इंडिया की स्थापना की है दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य कर रहीं डॉ मालविका अय्यर ने कहा कि विकलांगता के साथ जुड़ी हीन भावना से निपटने के लिए सकारात्मक द्रष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने महिला दिवस पर उन्हें अपने विचार साझा करने का जो मौका दिया है उससे उनका यह विश्वास मजबूत हो गया है कि भारत दिव्यांगता को लेकर सदियों पुराने अंधविश्वासों को दूर करने की दिशा में सही कदम बढ़ा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने निवास पर नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की इस दौरान नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सभी महिलाओं ने अपने अनुभव और विचार साझा किये इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि महिलाएं छोटे छोटे समूह बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं जिससे न सिर्फ लोगों को प्रेरणा मिल रही है बल्कि समाज में बदलाव आ रहा है महिलाओं द्वारा किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुये श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन जन सामान्य से जुड़ गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं से देश को कुपोषण से मुक्ति दिलाने और जल जीवन मिशन को सफल बनाने का आहवान किया बाइट आप देखिए भारत में से कुपोषण की समस्या को हम बहुत आसानी से मुक्त कर सकते हैं उसी प्रकार से दूसरा काम जो है वह भी बहनों के द्वारा ही सफल हो सकता है और बहनों के बिना सफल हो ही नहीं सकता और वह जल जीवन मिशन पानी का मूल्य क्या ह महिला को जितनी समझ है वह किसी को नहीं है जिन्दगी उसे गुजारा करना संघर्ष करना पड़ता है पानी लेने के लिये दूर दूर जाना पड़ता है अगर एक दिन म्यूनसी प्लाटी से अगर एक दिन पानी आना बंद हो गया तो पूरा घर परेशानी का कारण और सारा बोझ मां पर आ जाता है घर में तो जल जीवन मिशन पानी बचाओं और पानी पहुंचाओ यह काम भी हमारी माताएं बहने बहुत अच्दे ढंग से कर सकती है

आप ने जीवन में कुछ प्राप्त किया है उसके बजाय आपने अपना जीवन देश के लिये बहुत कुछ दिया है और इसके लिये आप लोग अभिनन्दन के अधिकारी हैं उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने और स्त्रियों के लिए अधिक समानतापूर्ण विश्व के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया है गृह मंत्री अमित शाह ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए नारी शक्ति को नमन किया है महिला दिवस की बधाई देते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

इनमें आठ उड़ानें अंतरराष्ट्रीय मार्गों की हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ताजमहल सहित सभी पुरातत्व स्थलों में आज देश विदेश की महिलाओं का प्रवेश निःशुल्क रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान सुरक्षा और स्वावलंबन के प्रति कृत संकल्प है अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बधाई देते हुये श्री योगी ने कहा कि देश और समाज की प्रगति के लिये हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी जरूरी है वर्तमान समय में भी महिलायें अपने उत्कृष्ट कार्यो से समाज को नई दिशा और आयाम दे रही है प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस क्रम में विभिन्न ज़िलों में आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों का उद्घाटन महिलाओं से करा कर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया बलरामपूर और मऊ में सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित आरोग्य मेलों का उद्घाटन वरिष्ठ एएनएम ने किया इन मेलों में महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने बालिकाओं को व्यक्तिगत सफाई स्वच्छता तथा पोषण जैसे विषयों के प्रति जागरूक किया मेरठ के मोदी प्रम् स्थित विनायक विद्यापीठ महाविद्यालय में कन्या तू ही नारी तू ही शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान वक्ताओं ने बेटी और बहू के लिये समान व्यवहार अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति और इसकी रोकथाम के लिए मंत्रालयों के प्रयासों की कल समीक्षा की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन और विदेश मंत्री डाक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर भी शामिल हुए प्रधानमंत्री ने सभी विभागों के अब तक किए गए कार्यों की सराहना की उन्होंने कहा कि भारत को वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए और लोगों के बीच इस बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरुकता पैदा करने पर बल देना चाहिए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी जिलों के उप कृषि निदेशक और जिला कृषि अधिकारियों को अपने अपने ज़िलों में हाल ही में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नुकसान की पूर्ति के लिए वचनबद्व है बीमा कंपनियों से भी कहा गया है कि नुकसान की समीक्षा के बाद किसानों के नुकसान की पूर्ति की जाए

इसके अलावा किसान संबंधित बैंक शाखा कृषि राजस्व विभाग के किसी अधिकारी या ग्राम प्रधान के माध्यम से निजी दावा भी बीमा कम्पनी को पेश कर सकते हैं होलिका दहन का मुहूर्त कल सूर्यास्त छह बजकर दो मिनट से रात आठ बजकर उन्तीस मिनट तक होगा